इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लाकभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में सरकार के चार वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इस दौरान प्रदश के हर क्षेत्र में विकास हुआ है कार्यकम के दौरान विकास पुस्तिका का भी मुख्यमंत्री ने विमोचन किया जिसका विषय है वर्षो में जो न हो पाया चार वर्ष में कर दिखाया कार्यकम के दौरान एक नये भारत का नया उत्तर प्रदेश नामक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया

मुख्यमंत्री ने एक विकास प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री ने कहा कि चार वर्ष की यात्रा के दौरान प्रदेश में सकारात्मक माहौल बना है जिसका परिणाम है कि प्रदेश नये भारत के नये उत्तर प्रदेश के रूप में उभर रहा है उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य बीमारू प्रदेश की श्रेणी से उभर का सक्षम और समर्थ राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है प्रदेश के बारे में दश और दुनिया में एक नई अवधारणा पैदा हुई है और सकारात्मक माहौल देखने को मिला है

प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला उत्तर प्रदेश है इस प्रदेश को हम लोगों ने बीमारू प्रदेश से एक समर्थ प्रदेश की ओर अग्रसर किया है अनेक प्रकार के कार्य हुए हैं कोई भी फील्ड अछूता नहीं रहा उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहले देश में पाचवें छठवें स्थान पर थी आज राज्य दूसरी सबस बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्ष के दौरान राज्य में तीन लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है और पैंतीस लाख से अधिक युवाओं को इससे नौकरी और रोजगार उपलब्ध हुआ है बाइट आज प्रदेश के अंदर चार लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली है

रिफार्म परफार्म और ट्रांसफार्म सरकार की उपलब्धियों का थीम है

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि टीबी क्षय रोग असाध्य नहीं है उन्होंने कहा कि क्षय रोग फैलने का सबसे बडा कारण इस बीमारी के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव है उन्होंने इसके निदान के लिए समाज में जागरूकता फैलाने का आहवान किया है

उन्होंने कहा चिकित्सा विज्ञान ने काफी प्रगति कर ली है जिसके परिणामस्वरूप क्षय रोग अब असाध्य नहीं रह गया है

आज लोकसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी टीका कडे वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जाता है

थल सेना अध्यक्ष ने इस अवसर पर गांव में एक सरकारी स्कूल के लिए एक लाख रूपये का चैक आर्थिक मदद के रूप में भेंट किया

इससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई जाएगी

बीमा कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर पाबंदियां हटाने का भी प्रावधान किया गया है